भोपाल में योग क्लास और जिम खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी खंडवा में भी आज से खुलेंगी व्यायाम शालाएं एक सितंबर से राज्य में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर कार्य होगा शुरू प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व

उधर दमोह में कल एक महिला के स्वस्थ होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई पिछले दिनों महिला की कोविड केयर सेंटर में भी सुरक्षित प्रसव कराया गया था योग क्लास भोपाल में योग क्लास और जिम खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की एडवाइजरी में कहा गया है जिम में फ्लोर एरिया के हिसाब से व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए प्रति व्यक्ति चार स्क्वायर मीटर का क्षेत्र आरक्षित रहेगा इसके अलावा जिम में मशीनों के बीच दूरी कम से कम छह फीट होना चाहिए मशीनों को समय समय पर सेनेटाइज करने और वर्कआउट के लिए अलग से जूते लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं

उघर खंडवा में भी योग संस्थान व्यायामशाला और जिम खोले जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं

स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि सहयोग और संकल्प से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त होगी श्री किदवई ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से वृहद स्तर पर इस अभियान की शुरूआत की जा रही है इस दिन भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा शपथ ली जायेगी

इस अपील में स्थानीय खेल प्रतिभाओं कलाकारों एवं क्षेत्र में उत्क ष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जोड़ा जायेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया जा रहा है

इन सुझावों को शामिल कर रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के मंत्रियों के समूह गठित किए जा रहे हैं

जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जनमाष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में मनायी जा रही है उत्तर प्रदेश में मंथुरा और वृंदावन में जनमाष्टमी पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाएगी हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्वालुओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी श्रद्वालुओं के लिए पूजा का सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने के प्रबंध किये गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को जनमाष्टमी की बधाई दी है प्रदेश में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा हालांकि अष्टमी तिथि दो दिनों तक होने के कारण कल भी कई स्थानों पर यह पर्व मनाया गया राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्णप्रणामी गुफामंदिर के साथ साथ पटेलनगर में एस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में कृष्णजन्म की झांकिया सजाई गई है हमारा घर हमारा विद्यालय कोरोनाकाल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए खंडवा जिले के धनगांव के सरकारी कन्या स्कूल ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत एक अभिनव पहल की है